श्री नकवी ने कहा कि यह दल दोनों क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं पर एक व्यापक रिपोर्ट भी तैयार करेगा

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट करके यह जानकारी दी श्री मोदी ने सेनेगल के राष्ट्रपति से मुलाकात करके आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई विकास में भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय मुददों समेत द्विपक्षीय सहयोग पर बातचीत की प्रधानमंत्री मोदी शिखर सम्मेलन में जलवायू जैव विविधता और महासागर से संबंधित सत्र को सम्बोधित करेंगे और इन मुद्दों पर भारत की चिंताएं सामने रखेंगे प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि जलवायु से संबंधित मुद्दों पर जी सेवन शिखर सम्मेलन में विचार विमर्श होने जा रहा है

भारत उन कुछ देशों में शामिल है जिन्हें शिखर सम्मेलन में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है शिखर सम्मेलन में विश्व के नेता जलवायु परिवर्तन आतंकवाद विश्व व्यापार के बदलते परिदु श्य में असमानताएं और व्यापार सहित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे नये आमंत्रित देशों को क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बढ़ाने और विश्व अर्थव्यवस्था में मजबूती के लिए प्रतिबद्ध बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया जायेगा

यह केवल सरकार से नहीं बल्कि किसानों के सहयोग र्स ही होगा उन्होंने कृषि में चुनौती की चर्चा करते हुए कहा कि इसके लिए केन्द्र राज्य और कृषि से जुड़ी संस्थाओं को कृषिद्रत बनना होगा और हरेक गांव के किसान को प्रगतिशील किसान बनना होगा

कस्बे में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात है और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी स्थिति पर नजर बनाये हुए है जिला कलक्टर डॉ एस पी सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि आज क्षेत्र में किसी तरह की अप्रिय घटना सामने नहीं आई है उन्होंने बताया कि पुलिस और प्रशासन द्वारा दोनों पक्षों से बात कर शीघ्र स्थिति को सामान्य करने के प्रयास किये जा रहे हैं

मुख्यमंत्री से अलवर के भिवाडी से तथा सवाई माधोपुर के बामनवास से आए प्रतिनिधिमंडलों ने मुलाकात की

कार्यशाला का उदघाटन केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग के उपायुक्त यशपाल सिंह ने किया

इसके साथ ही योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रदेशभर में जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय तथा ग्राम पंचायत स्तरीय समितियों का भी गठन किया गया है

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल ने इसका शुभारंभ किया उन्होंने इस अवसर पर कॉल सेंटर पर आने वाली कॉल के माध्यम से आमजन से उनकी समस्याओं के बारे में बात की और संबंधित अधिकारियों को उनकी समस्या के निराकरण के बारे में आश्वस्त किया उन्होंने कहा कि कॉल सेंटर के माध्यम से विभाग की योजनाओं की जानकारी भी आम लोगों को दी जाएगी

श्री मीणा ने आज श्रीगंगानगर में कहा कि जिन लोगों को राशन लेने में दिक्कत होती है वे सरकार द्वारा गठित कमेटी में शिकायत कर सकते हैं

ये जिले हैं बांसवाडा बारा बूंदी भीलवाडा चित्तौडगढ झालावाड कोटा और राजसमंद

प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में अनेक स्थानों पर गरज के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने का अनुमान है